ईस्टर का पर्व परम्परागत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना समाएं प्रदेश में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

बैठक में कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीकेपॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे

कोविड संक्रमण की श्रंखला तोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे गृह विभाग जल्द ही इस बारे में विस्तुत दिशा निर्देश और एसओपी जारी करेगा

कोरोना संकमण के लिहाज से जोधपुर जयपुर कोटा सिरोही अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसंमद और बांसवाड़ा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है

प्रदेश में कोविड दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है

वहीं एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को सोशल डिस्टेसिंग नहीं रखने पर सीज किया गया

कोरोना संकमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हये राज्य की सीमा पर सख्ती और बढ़ा दी है श्रीगंगानगर से हमारे संवादाता ने बताया कि पुलिस द्वारा पंजाब और अन्य प्रान्तों से आने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है प्रदेश में टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सिनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है बांसवाड़ा ड्रंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने आज सागवाड़ा चिकित्सालय में टीका लगवाया उन्हेांने लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की

करौली में मख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी दिनेशचंद मीणा ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की सीकर में भो प्रशासन व्यापारिक संगठनों और विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कोरोना टीके के बारे में भ्रांतियों को दूर कर सभी पात्र लोगों से कोरोना वैक्सिन लगवाने का आग्रह किया जा रहा है

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

इसके तहत लोगों को उद्यम लगाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है

अपने टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गये उनके कार्यो को हमेशा याद रखा जायेगा एक अन्य टविट संदेश में प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका के निधन पर शोक जताते हुये कहा कि उन्होंने जीवनभर सनातन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया

अपने टवीट संदेश में उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है

जिसे सांचौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है पुलिस के अनुसार हादसे में मृतक माखूपुरा गांव के निवासी थे जो कांग्रेस नेता गणपतलाल सुथार के परिवार के थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर संवेदना जताई है वहीं एक अन्य हादसे में राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में टोगी गांव के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्थ होकर पलट जाने से उसमें सवार दम्पत्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये जिन्हें भीम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है

उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार में जुट गये हैं

बूंदी जिले के विभिन्न मन्दिरों में भी शीतला माता की पूजा अर्चना की गई

गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके फिर से जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है इस अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई और लोगों ने प्रभू इशू मसीह के बताये शांति प्रेम और भाई चारे की राह पर चलने का प्रण लिया सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी ईस्टर का पर्व पारम्परिक श्रद्धाभाव से मनाया गया

राज्य में कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इससे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है इसके अलावा कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है